उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व व कर में वृद्धि के प्रयास कर रही है और इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के डैस्टिनेशन प्रिसिंपल को गैर प्रवर्तन रूप में लागू करने से प्रदेश के राजस्व का नुकसान हो रहा है और इस मामले का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाया गया है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना हमीरपुर रेल लाईन को जरूरी बताया है ऊना में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ये रेल लाईन बनने से ऊना व हमीरपुर के अलावा मंडी और बिलासपुर जिले के लोगों को भी फायदा मिलेगा

लेकिन अनुराग ठाकुर का कहना है कि आज के समय में रेल सुविधा सबसे सस्ता परिवहन का साधन है उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को महत्व देना चाहिए और इस रेल लाईन को बनाने के लिए कोई न कोई तरीका निकाला जाएगा झंडा दिवस आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए ये दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कल्याण के उदेश्य से मनाया जाता है हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को झंडा लगाया मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से सशस्त्र कल्याण कोष में उदारता से दान देने के आहवान किया है उन्होंने कहा कि इस कोष का उपयोग सेवारत व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है बिंदल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला में शुरू हो रहा है

उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सत्र शांतिपूर्ण रहेगा और सभी सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे बिंदल ने सत्र के सुचारू संचालन में सदस्यों से सहयोग की अपील की है जीएसटी दिवस नये जीएसटी रिटर्न पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया जानने के लिये आज जीएसटी फीडबैक दिवस मनाया गया जीएसटी व्यवस्था लागू किये जाने के बाद पहली बार करदाता परामर्श आयोजित किया जा रहा है इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना है व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं

अनुराग ठाकुर ने कहा कि विमुद्रीकरण के फैसले से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और आयकर दाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है उन्होंने मेधावी बच्चों को पुरस्कार बांटे और स्कूल के बाहर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर फुटओवर ब्रिज बनाने का मामला केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से उठाने का भरोसा दिलाया सुरेश भारद्वाज एनसीसी द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत संजौली महाविद्यालय में एनसीसी केडिटों ने आज एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है और देश को साफ सुथरा बनाना उन्ही का सपना है शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से देश के हर नागरिक में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और हर कोई आज स्वच्छता की बात करने लगा है उन्होंने एनसीसी केडिटों से स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया